मुख्यमंत्री ने आने वाले त्योहारों को देखते हुए कोविड संक्रमण को लेकर पूरी सतर्कता बरतने का दिया है निर्देश

इन परियोजनाओं की क्ल लागत छः सौ चौदह करोड़ रुपये है प्रधानमंत्री इस अवसर पर इन परियोजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे

इन परियोजनाओं में सारनाथ लाइट एंड साउंड शो राम नगर में लाल बहाद्र शास्त्री अस्पताल का उन्नयन सीवेज से संबंधित कार्य गौ संरक्षण और संवर्धन से संबंधित बुनियादी सुविधाएं और बहु उद्देश्यीय बीज भंडार केन्द्र शामिल हैं प्रधानमंत्री दशाश्वमेघ घाट और खिड़किया घाट काशी के कुछ क्षेत्रों में पार्किंग सुविधाएं और बेनिया बाग का पुनर्विकास की परियोजनाओं की आधाशिला रखेंगे इसके अलावा श्री मोदी गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल में बहुउद्देश्यीय सभागार के उन्नयन कार्य का भी शिलान्यास करेंगे

लोकार्पण के साथ ही आज शाम सवा सात बजे यहां पहला लाइट एंड साउंड शो पेश किया जाएगा

इसके अलावा प्रधानमंत्री गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकृत में बहुजदेश्यीय सभागार के उन्नयन कार्य का भी शिलान्यास करेंगे सुसील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक को ब्लॉक थाना तथा तहसील स्तर पर आम आदमी की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा है मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ में आयोजित बैठक में कहा कि ब्लॉक थाना तथा तहसील स्तर के कार्यालयों में समी अधिकारी एवं कर्मचारी समय से उपस्थित हों और आम आदमी की समस्याओं के निस्तारण की मॉनिटरिंग भी की जाये उन्होंने कहा कि इन सभी कार्यालयों में ऑन लाइन प्रार्थना पत्र देने की व्यवस्था की जाये साथ ही लोगों की समस्याओं के समाधान से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाये मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लोगों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के लिए प्रतिबद्व है इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि धान क्रय के लिये स्थापित केन्द्रों पर किसानों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना का पूरा लाभ उन्हें मिलना चाहिए मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि किसानों को पराली जलाने से होने वाले पर्यावरण प्रदृषण के संबंध में जागरूक करते हुये उन्हें इसे न जलाने के लिए कहा जाये किसानों को यह भी बताया जाये कि खेतों में पराली जलाने से भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है प्रदेश सरकार किसानों के साथ मिलकर पराली न जलाने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चला रही है अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से पराली प्रबंधन के संबंध में किसानों को जानकारी दी जा रही है उन्होंने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि गत वर्ष पीलीभीत में मनरेगा के कन्वर्जन से गड़ढा बनाकर फसल अवशेष को खाद बनाने के लिए किये गये सफल प्रयोग को पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है पिछले वर्ष जब पीलीमीत में हम लोगों ने एक नया अनुमव जिला प्रशासन के माध्यम से हुआ था जिसने मनरेगा जो योजना है के माध्यम से जो हमारे लघू सीमांत कृषक हैं और जो ग्राम समाज की सार्वजनिक संपत्ति है उसमें हम लोगों ने मनरेगा का लेवर यूज करके खाद के गड़ढे खुदवाये थे और एक आंगनबाड़ी रूवा ने कम्पोजर डेवलप किया जो हम लोग फ्री ऑफ कास्ट बंटवा रहे हैं

आपके इंट्रेक्सन मशीनरी के माध्यम से और इसका अधिक से अधिक उपयोग करके खाद में परिवर्तित करने की कार्रवाई की जा रही है और यह मनरेगा में करवर्जन का भी कार्रवाई कई जग जिलाधिकारियों के माध्यम से आरंभ हो गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आने वाले त्योहारों को देखते हए कोविड संक्रमण को लेकर पूरी सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में कोविड संक्रमण और अनलॉक के बाद की स्थितियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की मृख्यमंत्री ने किसानों को पराली जलाने से होने वाले प्रद्षण के बारे में जागरूक किये जाने का भी निर्देश दिया

मुख्यमंत्री ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पटाखा इकाइवों को आबादी क्षेत्रों से दूर रखने के भी निर्देश दिए एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर बढ़कर तिरान्नबे दशमलव नौ पांच प्रतिशत है जबकि पॉजिटिविटी दर एक दशमलव तीन प्रतिशत है

लोग मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें इसके लिये जागरूकता अभियान चलाया जाये साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन होना चाहिए मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम पूरी सक्रियता के साथ संचालित किये जायें साफ सफाई एवं सैनिटइजेशन का कार्य निरंतर जारी रखा जाये और सभी अस्पतालों एवं चिकित्सा संस्थानों में फायर सेफ्टी का एनओसी अनिवार्य किया जाये देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बान्नबे दशमलव चार नौ प्रतिशत हो गई है पिछले छत्तीस घंटों के दौरान उन्चास हजार से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए हैं स्वस्थ लोगों की संख्या अठहत्तर लाख अड़सठ हजार से अधिक हो गई है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हरिजन सेवक संघ द्वारा आचार्य विनोबा भावे की एक सौ पच्चीसर्वी जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित वेबिनार गांधी इन न्यू एरा विनोबा जी को कल राजभवन से सम्बोधित करते हुए कहा कि आचार्य विनोबा भावे जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से बहुत कृष्ठ सीखा जा सकता है उनकी पूरी जीवन यात्रा समाज के उत्थान के लिए थी आचार्य विनोबा जी द्वारा बताई गई बातें लोगों को सही और सफल मार्ग पर ले जाने में सहायक हैं खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यालय में माटीकला बोर्ड की ओर से आयोजित दस दिवसीय माटीकला प्रदर्शनी में तीसरे दिन कल लगभग दो लाख साठ हजार रुपये से अधिक उत्पादों की बिक्री हुई प्रदर्शनी में चौदह जिलों के माटीकला शिल्पकारों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया है इसमें मिट्टी की लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाए गोरखपुर का टेराकोटा तथा मिर्जापुर की ब्लैक पॉटरी लोगों में आकर्षण का प्रमुख केन्द्र बने हुए हैं इसके अतिरिक्त मिटटी से निर्मित डिजाइनर दिये मूर्तिया बर्तन कुकर कढ़ाई तथा पानी की बोतल भी लोगों को खूब पसंद आ रही है